केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि सरकार स्थिति पर गहरी नजर रखे हुए है उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व्यक्तिगत रूप से स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं कोरोना वायरस से प्रभावित देशों से हाल ही में लौटे और उनके सम्पर्क में आए लोगों को सलाह दी गई है कि वे नियंत्रण कक्षों में जाकर अपनी चिकित्सक जांच करवाएं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 इधर प्रदेश में भी कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने टॉल फ्री नंबर एक सौ चार जारी किया है इस नम्बर पर कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी जानकारी या संदिग्ध रोगी के बारे में सूचना दी जा सकती है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र इन दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे हैं वे आज विभिन्न स्थानों पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभाएं करेंगे उनके अलावा स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित कई पार्टी नेता भी दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं

इस दौरान विभाग द्वारा पक्षियों को रिंग डालने और पक्षियों की गणना के बारे में बताया गया

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दूसरे दिन भी मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है और दिन की शुरूआत खिली धूप से हुई है हालांकि जनजातीय इलाकों सहित कई स्थानों का तापमान में शून्य से नीचे चल रहा है राजधानी शिमला में भी पिछले दो तीन दिन से न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया पिछले दिनों हुई बर्फबारी से प्रदेश में अभी भी सौ से अधिक सड़क मार्ग अवरूद्व हैं जिन्हें खोलने के प्रयास जारी है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लाहौल स्पिति कुल्लू चंबा किन्नौर और शिमला जिलों के उंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन की आशंका को देखते हुए एहतियात बरतने की सलाह दी है

घाटी के लोगों ने धरवास आजोग और साच हैलीपैड के लिए भी हैलीकॉप्टर उड़ानें करवाने की सरकार से मांग की है दुर्घटना शिमला जिला के रोहडू क्षेत्र की करासा पंचायत के बाहली में कल देर शाम एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से दो लोगों की मृत्यु हो गई जबकि एक अन्य घायल हुआ है घायल व्यक्ति को आईजीएमसी भर्ती कराया गया है एक नजर समाचार पत्रों की सुर्खियां पर आज समाचार पत्रों ने हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं बजट सत्र फाइनल अभिभाषण पर चर्चा बाकी दैनिक सेवरा टाइम्स के मुताबिक छह मार्च को आएगा हिमाचल का बजट पंजाब केसरी ने खबर दी है प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द दिल्ली में नड्डा से मिले जयराम आपका फैसला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है आप के झांसे में नहीं आएंगे दिल्लीवासी लोग आधारभूत सुविधाओं से वंचित अमर उजाला की एक खबर है शिमला मनाली और धर्मशाला की हवा भी होने लगी प्रदूषित सबसे दूषित शहरों में बद्दी नालागढ और कालाअंब इसी समाचार पत्र ने कोरोना वायरस पर लिखा है चीन से आए पर्यटकों की होगी स्वास्थ्य जांच मौसम पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है सुबह और शाम खूब कंपकंपा रही ठंड अमर उजाला के शब्द हैं शिमला समेत आठ शहरों का पारा माइनस में दैनिक जागरण ने लिखा है बर्फ में एक हजार वाहनों में फंसे सैंकड़ों लोग निकाले राजधानी शिमला में कृषि विभाग के एक अधिकारी की गिरफ्तारी से जुड़ी खबर सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है पंजाब केसरी का शीर्षक है रिश्वत मामले में विजिलैंस ने गिरफ्तार किया कृषि विभाग का डिप्टी डायरैक्टर